राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किये प्रदेश के संदीप चौधरी और मगन बिस्सा को भी किया गया पुरस्कृत

वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल अनाज तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें गांवों की समुचित अर्थव्यवस्था भी शामिल है श्री मोदी ने कहा कि कृ षि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाना देश तथा दुनिया में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है श्री मोदी ने कहा कि स्कूल स्तर पर ही कृषि से संबंधित शिक्षा देना भी आवश्यक है उन्होंने कहा कि स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर कृषि को एक विषय के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को ड्रोन तकनीक कृत्रिम बुद्विमत्ता और कृषि क्षेत्र में आध्निक तकनीक पर लगातार काम करना होगा

श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों देश में टिड़ियों का तकनीक के जरिए असरदार तरीके से सामना किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश के जरिये मेजर ध्यानचंद को श्रद्वांजलि दी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने खेल दिवस पर पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को बधाई और श्रुभकामनाएं देते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें खेलों के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रही है समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट संदीप चौधरी को अर्जुन अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में संदीप चौधरी ने कहा कि हर क्षेत्र में धैर्य रखते हुए लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है बीकानेर के पर्वतारोही मगन बिस्सा को भी राष्ट्रीय तेंजिंग नोर्गे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए अलवर में श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने दौड़ को इंदिरा गांधी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया भरतपुर में भूरी सिंह व्यायामशाला में आयोजित समारोह में प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान किया गया

उधर अलवर जिले के भिवाड़ी और तिजारा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण बंद के आदेश जारी किए हैं

जबकि इस बीमारी से होने वाली मौतों की दर एक दशमलव आठ एक प्रतिशत रह गयी है

उन्होंने बताया कि रूपे कार्ड को एक्टिवेट करने पर लाभार्थी को दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिल रहा है

इसके लिये परिषद द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है इस योजना का मकसद बच्चों को स्कूलों से जोड़ना तथा विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकन बढ़ाना है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा यह कार्यकम प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर एप पर भी उपलब्ध रहेगा

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठक में लिए गए निर्णय का आज अनुमोदन भी हो गया बैठक में बांधों के जल स्तर की समीक्षा की गई इसके बाद राज्यों की मांग के अनुसार पानी की मात्रा का निर्धारण किया गया

गृह मंत्रालय के अनुसार इन पुरस्कारों के लिए पद्म पुरस्कार पोर्टल पर केवल ऑनलाइन नामांकन स्वीकार किए जाएंगे पदम प्रस्कारों में पदमश्री पदमभूषण और पदमविभूषण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं

हालांकि अभी तक सामान्य से कम वर्षा हुई है

ब्रेदी में भी जोरदार बारिश हुई जबकि बीकानेर में मध्यम दर्जे की बारिश हुई बांसवाड़ा में आधा घंटे तक मूसलाधार बारिश के समाचार है जिससे सड़कों पर पानी भर गया

मौसम विभाग ने आज अजमेर बूंदी बारां भीलवाडा चित्तौडगढ झालावाड कोटा सवाईमाधोपुर राजसमंद टोंक पाली और नागौर जिलों में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना जताई है